आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इकतालीस कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी की शुरूआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्मर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरूआत कर रही है बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है फ्र्यानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोयले के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति देकर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देश के संसाधनों को नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि यह विडम्बना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दनिया का चौथा और उत्पादन की दृष्टि से दसरा सबसे बडा देश होने के बावजुद कोयले का दसरा सबसे बडा आयातक देश बना हुआ है उन्होंने कहा कि यह स्थिति दशकों से बनी हुई है और यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से बाहर है तथा पारदर्शिता भी एक बड़ी समस्या रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी तथा मक्य भारत और इस जनजातीय क्षेत्र को विकास का आधारभुत ढांचा बनाने के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार एक महत्वपुर्ण कदम है श्री मोदी ने कहा कि देश में सोलह ऐसे जिले हैं जहां कोयले के विशाल भंडार हैं लेकिन स्थानीय लोगों को इनसे पर्याप्त फायदा नहीं हुआ है श्री मोदी ने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधार और निवेश से गरीबों और जनजातीय लोगों का जीवन सुगम बनाने में बड़ी भूमिका होगी

उन्हॉने कहा कि इससे नये संसाधन खलेंगे और राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने और इस संकट को अवसर में बदलने में कामयाब रहेगा श्री मोदी ने कहा कि सभी संकेत दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढने के लिए तैयार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में इस माह के अंत तक बेड की संख्या को बढ़ाकर डेढ़ लाख करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बीस जून तक कोरोना की जांच क्षमता को बढ़ाकर बीस हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री आज लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि साक्षान रहने की आवश्यकता है श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना मास्क कोई बाहर न निकले सोशल डिस्टैंसिंग का हर हाल में पालन हो उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इन क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक सामग्री की उपलबता में कोई असविद्या न हो मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं की सीधी जानकारी प्राप्त करने के लिए शासन स्तर पर विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारी को नामित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से कोविड नाइन्टीन से बचाव और इसके उपचार संबंधी जानकारी प्रदान की जाए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज भोपाल में हैं आकाशवाणी के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड नाइन्टीन संकट चीन विवाद और फर्जी समाचारों के मुद्दे पर चर्चा की सुचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि फर्जी समाचारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और मीडिया की आजादी का मतलब फर्जी समाचारों को छूट नहीं हो सकती

तोगों को सही जानकारी मितना ये उनका हक है और कोई झूठ छैताने की कोशिश करता है कि दोनों का पर्दावास होगा ये ये निरवित समझे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी दो सप्ताह है लेकिन लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भी भेज सकते हैं देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग तिरपन प्रतिशत हो गई है अब तक करीब एक लाख चौरान्नबे हजार संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात हजार तीन सौ नब्बे लोग ठीक हए लगभग एक लाख साठ हजार मरीजों का इलाज चल रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के बारह हजार आठ सौ इक्यासी नए मामले सामने आने के बाद कूल संक्रमितों की संख्या लगभग तीन लाख सड़सठ हजार हो गई हैं पिछले चौबीस घंटों में इस वायरस से तीन सौ चौतीस मरीजों की मृत्यु हुई है इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा बारह हजार दो सौ सैंतीस पर पहुंच गया है मृत्यु दर तीन दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है